अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का दल कश्मीर में केंद्रीय परियोजनाओं को लागू करने के क्षेत्रों की पहचान के लिए कल से वहां का दौरा करेगा

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उप राष्ट्रपति एम वैंकेया नायड् और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बैडमिंटन वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीतने पर पी वी सिंधु को बधाई दी है कल स्विट जरलैण्ड के बासेल में खेले गये विश्व चैम्पियनशिप के फाइनल में पी वी सिंध् ने जापान की नोजोमी ओकुहारा को हराकर महिला सिंगल्स खिताब पर कब्जा जमा लिया इसी के साथ पी वी सिन्धू बैडमिंटन की विश्व चैम्पियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय खिलाडी बन गई है इस े साल का यह उनका पहला पदक है

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी विश्व चैम्पियनशिप जीतने पर सिंधु को बधाई दी है मुख्यमंत्री ने पैरा बैडमिंटन विश्व चैम्पियनशिप प्रतियोगिता में पुरूष यूगल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने पर प्रमोद भगत और मनोज सरकार को भी बधाई दी हैं

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल मन की बात कार्यक्रम में लोगों से यह जानकारी साझा की उन्होंने दोबारा इस्तेमाल न होने वाले प्लास्टिक से मुक्ति पाने के लिए लोगों से मिलकर काम करने का आहवान किया उन्होंने यह भी कहा कि सितम्बर का महीना देशभर में पोषण अभियान के रूप में समर्पित है

राज्य में सितम्बर में मनाये जाने वाले पोषण अभियान को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं आईसीडीएस के अतिरिक्त निदेशक मुकेश मीणा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इस पूरे महीने प्रदेश में आमजन को पोषण के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिये विभिन्न गतिविधियां की जायेंगी

भारतीय जनता पार्टी भाजपा के प्रदेश कार्यालय में आज संगठन संरचना के लिये राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का एक दल कल से दो दिन की कश्मीर यात्रा पर जायेगा और केन्द्र सरकार की विकास परियोजनाओं को लागू करने के लिए क्षेत्रों की पहचान करेगा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि यह दल जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विद्यालय महाविद्यालय कौशल विकास केन्द्र अस्पताल और अन्य सुविधा केन्द्र खोलने की आवश्यकताओं का आकलन करेगा सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग का कॉल सेन्टर आज से काम करना शुरू कर देगा आज सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री भंवरलाल मेघवाल जयपुर में इस कॉल सेंटर का उद्घाटन करेंगे

कॉल सेंटर से लोगों को विभिन्न विभागों की लोक कल्याणकारी योजनाओं की घर बैठे पूरी जानकारी मिल सकेगी इसके साथ ही इस टोल फ्री नम्बर पर आम जनता को उनके द्वारा चाहे गए आवेदन की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी भी दी जाएगी साथ ही ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन आवेदन में आ रही समस्याओं के समाधान के बारे में भी बताया जाएगा सवाईमाधोपुर के गंगापुरसिटी में कल दो समुदायों के बीच पथराव के बाद उपजी तनाव की स्थिति अब नियंत्रण में है

गौरतलब है कि कल ताउसर में अतिकमण हटाने के दौरान पत्थरबाजी में जेसीबी चालक फारूख की मृत्यु हो गई थी फारूख का अंतिम संस्कार आज ताउसर गांव में किया जायेगा बाडमेर जिले में तीन दुर्घटनाओं में दो लोगों की मृत्यु हो गई और चार लोग घायल हो गये रामसर के पास एक कार के ट्रेक्टर से टकराने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गये जबकि देर रात मेगाहाईवे पर ट्रेलर की टक्कर से दो जातरू गंभीर रूप से घायल हो गये उधर सड़ा गांव में लूनी नदी में डूबने से एक व्यक्ति ने दम तोड दिया मौसम विभाग ने प्रदेश के एक दो स्थानों पर आज बहत भारी बारिश की चेतावनी दी है

इस बीच कल राजधानी जयपुर सहित कई स्थानों पर बारिश हुई नदी नालों जलाशय और बांधों में पानी की भरपुर आवक के कारण लोगों ने आनंद लिया